इसमें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गए हैं

नई गाइडलाइंस कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए हैं इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति को देखते हए जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन बना सकता है कंटेनेमेंट जोन की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और केंद्र को भी देनी होगी राज्यों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गए हैं एक राज्य से दूसरे राज्यों और राज्यों के अंदर आने जाने और वाहनों के संचालन पर कोई रोक नहीं होगी

आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से त्रंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अन्रोध किया है

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है

केंद्रीय मंत्री आज वर्च्अल माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी उत्पाद और सेवाओं संबंधी ऑनलाइन प्रदर्शनी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बांस की मांग और खेती को बढ़ाने के लिए इसके कई तरह से उपयोग का आहवान किया उन्होंने कहा कि जूट और कोयर मैर्टेस का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सभी सड़कों के लिए अनिवार्य बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि बांस को बायो सीएनजी और चारकॉल बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है बांस मिशन की विशेष अन्दान सहायता से इस क्षेत्र में और अधिक अन्संधान के लिए आईआईटी का उपयोग किया जा सकता है स्वामी यतीश्वरानंद बैठक प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उदयोग राज्यमंत्री यतीश्वरानन्द ने विभागीय अधिकारियों और सभी श्गर मिल प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि गन्ना किसानों से सम्बन्धित किसी भी तरह की धोखाधड़ी और अन्य शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएंगी उन्होंने देहराद्रन में गन्ना विकास एवं चीनी उदयोग से सम्बन्धित विभागीय समीक्षा में कहा कि किसानों के हितों के विरूद्व काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि सभी श्गर मिलों में बिचैलियों की किसी भी प्रकार की भूमिका पर तत्काल अंक्श लगाया जाय उन्होंने निर्देश दिये कि जब तक गन्ना क्रय का काम पूरा न हो जाए तब तक किसी भी श्गर मिल को बन्द न किया जाय राज्य मंत्री ने सभी श्गर मिलों में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को द्रूस्त करने के लिए हर जिले में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिये

आज प्रथम दिन कोई नामंकन नहीं हआ

नामंकन प्रकिया भिकियासैंण तहसील परिसर में होगी जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया कोविड के नियमों का पालन करते हए सम्पन्न कराई जाएगी मौसम प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हआ है वहीं स्बह केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हई जबकि मैदानी इलाकों में लगातार हल्की से मध्यम ठंडी हवाएं चल रही हैं उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों गंगोत्री धाम हर्षिल और सुखी टॉप में बर्फबारी का सिलसिला जारी है दोपहर बाद निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है चमोली जिले में आज ऊचाई वाले क्षेत्रों बद्रीनाथ हेमकूंड फूलो की घाटी औली और रूपकंड में हल्की बर्फवारी हुई बीती रात को भी जिले मे तेज बारिश हई थीं बागेश्वर में घने बादल छाए रहे पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के समाचार हैं वहीं जिले में आंधी तूफान से जन जीवन पर असर पड़ा है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अन्सार अगले चैबीस घंटों के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है होली रंग महोत्सव चम्पावत जिले के लोहाघाट में दो दिवसीय होली रंग महोत्सव श्रू हो गया काली कुमाऊं की खड़ी होली के नाम से मशहर जिले की खड़ी होली में विभिन्न राग फाग के साथ ही राधा कृष्ण प्रेम वेदान्ती महाभारत और रामायण पर आधारित होली का गायन किया जाता है बाइट खड़ी होली एम्बियंस होली रंग महोत्सव के संयोजक जीवन मेहता ने बताया कि होली के दौरान नशे के चलन से लोगो का ध्यान हटाने के उद्देश्य से होली रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है साथ ही भाईचारे का संदेश भी दिया जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हए कार्यक्रम परिसर को सैनिटाइज किया गया है और होली गायन में एकदूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं

शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं